ये विचार केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने व्यक्त किये

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी के क्षेत्रों की सुन्दरता बढ़ाने के साथ साथ नदी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है

उनसे कहा गया है कि मरीजो और परिजनो द्वारा मांग करने पर उन्हें उपचार की दरें उपलब्ध कराई जाएं

पुरस्कार वितरण पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर आज भोपाल के शौर्य स्मारक में स्वाधीनता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करेंगी स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा यह पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है कोरोना संकमण को देखते हुए भोपाल के अलावा अन्य जिलों के प्रतिभागियों को ऑनलाइन पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे गौरतलब है कि संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय ने स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के युवाओं विद्यार्थियों और बच्चों में स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से लेखन साहित्य पेंटिंग और शिल्प से संबंधित विषयों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें प्रदेश के लगभग एक हजार युवाओं ने भागीदारी की थी

जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं सवाल इस कम में आज का प्रश्न है टीकाकरण स्थल पर लोगों के लिए किस तरह की सावधानी बरतना जरूरी है जवाब इस प्रश्न का जवाब है टीका लगवाने के लिए आने वाले लोगों को टीकाकरण स्थल पर कम से कम आधा घंटा पहले पहंचना होगा टीका लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी महसूस होने पर समीप के स्वास्थ्य अधिकारियों एएनएम और आशाकर्मियों को इसकी जानकारी दी जा सकती है टीकाकरण स्थल पर सुरक्षित दूरी मास्क पहनने और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा

खेल और यूवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल एक बैठक में खिलाड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने स्टेडियम परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए

ये दिन पराकम दिवस के रूप में मनाया जाएगा

इस मौके पर गोटेगांव के स्टेडियम ग्राउंड में अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन गोटेगांव सहयोग क्रीड़ा मंडल केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी विधायक जालम सिंह पटेल सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के इस आयोजन को बगैर किसी शासकीय मदद के करना अपने आप में महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गोटेगांव स्टेडियम ग्राउंड का नाम अब नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर होगा उन्होंने प्रदेश में कबड्डी अकादमी का गठन करने की पहल करने की बात भी कही